राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और सेना प्रम्ख ने सैन्य कर्मियों उनके परिवारों और सेवानिवृत सैनिकों को बधाई दी सेना प्रमुख जनरल मनोज मुक्ंद नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना आंतकवाद से निपटने के लिए उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगी

पश्चिमी कमान चंडीगढ़ और अमृतसर के पैंथर डिवीजन से भी सेना दिवस मनाये जाने के समाचार मिले है

इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुक्द नरवणे ने सभी सैन्य कर्मियों उनके परिवारों सेवानिवृत सैनिकों वीर नारियों और सशस्त्र बलों को बधाई दी है

इस अवसरपर राष्ट्रीपति और उपराष्ट्रपति ने भारतीय सेना के बहादुर जवानों और महिला सैनिको के साथ साथ सेवा निवृत सैनिकों और उनके परिवारों को श्भकामनायें दी है एक टिवीट में राष्ट्रपति राम नाथ कोविदं ने कहा कि भारतीय सेना देश का गौरव है और सेना के बलिदान ने देश की समप्रभ्ता को बचाने राष्ट्र को गौरवावित करने के साथ साथ लोगों की रक्षा की है एक टवीट में उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने देश की स्रक्षा और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना को सलाम किया है उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेना और उनके परिवारों द्वारा दिये गये बलिदान के लिए सदैव उनका ऋणी है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेना के जवानों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि भारतीय सेना भारत माता की गौरव है

सेना प्रम्ख जनरल मनोज मुकूंद नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना हर च्नौती से निपटने के लिए तैयार है

उन्होंने कहा कि आंतकवाद को कतई बर्दाशत नहीं किया जायेगा सेना प्रम्ख ने कहा कि देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है

श्री नरवणे ने कहा कि इसने पश्चिमी पड़ोसी देश की ओर से चलाये जा रहे छदम य्दव को भी कमज़ोर किया है सेना प्रम्ख ने कहा कि सैन्य बलो में भेदभाव की कोई जगह नहीं है

देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की उत्स्कता से प्रतीक्षा कर रहे है

देश भर के दो हजार से अधिक विदयार्थी अभिभावक और शिक्षक इसमें भाग लेंगे श्री मोदी विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देंगे और परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में उनसे बातचीत करेंगे पिछले वर्ष परीक्षा पे चर्चा की दूसरी कड़ी में प्रधानमंत्री ने विदयार्थियों को परीक्षाओं के दौरान अपने अभिभावकों की बात माने की सलाह दी और अभिभावकों को समाधन किया कि वे अपने बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने की बजाये उनहें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करें आकाशवाणी के साथ बातचीत में पंजाब के बठिंडा के गुरू गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल की अध्यापिका राखी अग्रवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम परीक्षा विद्यार्थियों में तनाव को कम करने में काफी मददगार है

जिला उपाय्क्त मुकुल कुमार ने बताया कि इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है मेले का मुख्य उद्देश्य देश के अलग अलग राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा पारम्परिक तरीके से तैयार किये जाने वाले दैनिक जरूरतों और कला पर आधारित उत्पादों का प्रदर्शन करना है

महा न्यायभिकर्ता त्षार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि केन्द्र सरकार विशेष जांच दल की सिफारिशों पर उपय्क्त कदम उठायेगी श्री मेहता ने प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति एस ऐ बोबडे नयायमूर्ति बी आर गवई और नयायमर्ति सुर्यकांत की पीठ को बताया कि कई कदम उठाये जाने की जरूरत है और उठाये जायेंगे याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस सूरी ने कहा कि अपराध में कथित रूप से शामिल प्लिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग के लिए याचिका दाखिल की जायेगी केन्द्र ने हरियाणा के अम्बाला जिले को देश के बाढ़ की संभावना वाले उन तीस जिलों में शामिल किया है जिनमें आपदा मित्र तैयार किये जायेंगे और उन्हें जरूरी परिक्षण देने के साथ साथ बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध भी किये जायेंगे

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर नेहरू य्वा केन्द्र के स्वयं सेवको के अलावा महिलाओं को भी आपदा मित्र के तौर पर प्रशिक्षित करने का फैसला लिया गया है उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के इस प्रशिक्षण के दौरान रहने व चाने आदि का खर्ज सरकार द्वारा वहन किया जायेगा

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष की अल्प अवधि योजनाओं को भी मुकम्मल कर लिया गया है

हरियाणा में आज अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा यमुनानगर से भी दिन में सर्द हवायें चलने और घना कोहरा छाने की खबर मिली है